लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉप्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत भिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए है मंत्री डॉ चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खादय सामग्री उपलब्ध कराने और भिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूदध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं इंदौर जिले में भी मिलावट से मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा

जन आंदोलन मध्यप्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जीतेन्द्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मज़बूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौर में डेढ़ सौ से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा

मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा विश्वास दिलाना और मौके पर ही मदद उपलब्ध कराना है

प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

वही दमोह के एक मरीज की संक्रमण से मौत हो गई

इसका आयोजन भारत में होने वाला था

मौसम प्रदेश कें मौसम में हर दिन बदलाव महसूस हो रहा है पिछले दो तीन दिनों से दिन में धूप की हल्की तपन से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी की वजह से प्रदेश में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं नमी के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है

इस अवसर पर केक काटा जाएगा तथा सुदरकांड का पाठ भी किया जाएगा

इसमें ग्वालियर और ब्रंदेलखंड क्षेत्र की जीवन शैली कला हस्तशिल्प आदि का डिजिटली प्रदर्शनी किया जायेगा